कहा सरदार पटेल ने राष्ट्र को किया एकजुट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत गणराज्य के है शिल्पकार प्रदेश भर में किया गया रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन कारोबार की सुगमता रैंकिंग में भारत ने तेईस स्थान की लगाई छलांग प्रदेश में तीस नवम्बर तक करा दिया जायेगा गन्ना किसानों का पूरा बकाया भूगतान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल को देश के एकीकरण का श्रेय दिया है श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल एक साहसिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को विखंडित करने के प्रयासों को विफल किया राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री कल गुजरात के नर्मदा जिले के केवडियां में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण न किया होता तो हमें सोमनाथ के दर्शन करने और गिर के जंगलों में शेर देखने या हैदराबाद के चारमीनार को देखने के लिए वीजा लेना पडता सरदार साहब का सामर्थय तब भारत के काम आया था जब मां भारती साढ़े पांच सौ से ज्यादा रियासतों में बंटी पड़ी निराशावादियों को लगता था कि भारत अपनी विविताओं के वजह से ही बिखर जाएगा निराशा के उस दौर में भी सभी को उम्मीद की एक किरण दिखती थी और ये उम्मीद की किरण थी सरदार वल्लमभाई पटेल प्रधानमंत्री ने इस प्रतिमा को देश की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक बताया एक सौ बयासी मीटर लंबी यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई अमरीका की स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से दोग्नी है प्रतिमा के पास श्री मोदी ने वॉल ऑफ यूनिटी का भी अनावरण किया ये दीवार देशभर में विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से बनाई गई है दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस सामर्थय और संकल्प की याद दिलाती रहेगी जिसने मां भारती को खंड खंड ट्कड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया है गुजरात के राज्यपाल ओ पी कोहली मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी इस अवसर पर मौजूद थे सरदार वल्लम भाई पटेल की जयंती कल देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई देशभर में लोगों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गण्यमान्य व्यक्तियों ने संसद मार्ग पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एकता दौड को रवाना किया सरदार वल्लम भाई पटेल की जयन्ती पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये लखनऊ में रन फॉर यूनिटी दौड का आयोजन किया गया राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज स्थित श्री पटेल की प्रतिमा पर प्ष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं उसके लिए देश के हर कोने से लोहा और मिट्टी ली गई है जिससे राष्ट्र के लोगों को एकता का संदेश मिलता रहेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पांच सौ पचास से अधिक रियासतों का एकीकरण कर के राष्ट्र के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान रहा है

इस अवसर पर उन्होंने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया साथ ही लोगों को देश की एकता की शपथ दिलाई राज्य में इस अवसर पर सभी विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिक्स शपथ कार्यक्रम आयोजित किये गये

झांसी संभल कानपुर नगर बरेली जौनपुर बलरामपुर बदायूं अमरोहा महोवा विजनौर और मऊ जनपद में भी कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए उनके चित्र पर मात्यार्पण किया गया भाजपा सांसद जगदभ्विका पाल ने बताया कि सिद्वार्थनगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को कल उनकी पृण्य तिथि पर देश भर में भावमीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गयी कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अव्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी की समाधि पर पृष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्वांजलि दी प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम किए गये और श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व और कतित्व को याद किया गया भारत ने कारोबार की सुगमता की रैंकिंग में तेईस स्थानों की छलांग लगाई है पिछले वर्ष भारत सौवें स्थान पर था अब यह सत्तहतरें स्थान पर आ गया है यह लगातार दसरा वर्ष है जब भारत विश्व के शीर्ष दस सुधार करने वाले देशों की सुची में शामिल हो गया है वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रमू ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रगतिशील सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्दता को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबार की सुगमता के मामले में भारत की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एकता शिविर का उदघाटन किया केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित तीन दिन के इस शिविर में देशभर के केन्द्रीय विद्यलयों के छात्रों को संस्क ति परम्परा कला और राज्यों की धरोहर को जानने का अवसर मिलेगा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य छात्रों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र सरकार के कार्यो का फीड बैक लेने के लिए कल कार्यकर्ताओं से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जौनपुर जिले के मछली शहर विधान सभा क्षेत्र के गनेशपुर गांव के निवासी संजय सिंह और राईपुर गांव के निवासी सुजीत राय से बातचीत में श्री मोदी ने बताया कि भाजपा की सरकार के बाद अब तक एक लाख बीस हजार ग्रामसभाओं के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री ने नमो ऐप के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार की अपील भी की इस अवसर पर मछली शहर के सांसद रामचरित्र निषाद भी मौजूद रहे प्रदेश के गन्ना किसानों का पूरा भुगतान तीस नवम्बर तक करा दिया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान की नियमित समीक्षा की जा रही है प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों का समय से भुगतान कराने के लिए प्रतिबद्व है

भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर अजित प्रसाद का कल दोपहर लखनऊ में निधन हो गया वह पिछले कुछ दिनों से पीजीआई लखनऊ में भर्ती थे पीजीआई लखनऊ के जनसम्पर्क अधिकारी आश्तोष सोती ने बताया कि चौदह अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद पिछले दिनों उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया था